मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा राज्य के अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देगी सरकार

बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संस्थान को कोविड केयर सैंटर घोषित करने का अधिकार दिया गया है मुख्यमंत्री आज शिमला में वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों ओर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सो में फंसे तथा हिमाचल आने के इच्छुक लोगों को संबंधित उपायुक्तों के समक्ष ऑनलाईन आवेदन के बाद ही प्रदेश में आने की अनुमति होगी उन्होंने बीते तीन दिनों में प्रदेश में कोरोना के एक सौ नए मामले आने पर भी चिंता जताई

कोरोना पॉजीटिव पाए गए इन लोगों में अधिकांश बाहरी राज्यों से हिमाचल लौटे हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला उत्थान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की है मुख्यमंत्री आज शिमला से भाजपा महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहतकर ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक साल में आरम्भ की गई योजनाओं से देश में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हुई है मुख्यमंत्री ने बाद में चम्बा जिला के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है

सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग के लिए पैदा हुई समस्याओं पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और इनका जल्द हल निकाला जाएगा शिक्षामंत्री आज शिमला में ऑल हिमाचल एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्ररिज्म फोरम के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे शिक्षामंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में समाज के प्रत्येक वर्ग को नुकसान हुआ है और इन वर्गों को मुसीबत से निकालने के लिए सरकार वचनबद्ध है

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति में कूड़े के प्रबंधन के लिए विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ किया ये अभियान साडा व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व वन विभाग द्वारा चलाई जा रही सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत चलाया जाएगा इस अभियान के तहत घरों से ही कूड़े को अलग कर सफाई कर्मचारियों को देना होगा मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में स्वच्छता बनाए रखना है ताकि लोग बीमारियों से बचे और जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले मारकंडा ने केलंग में एचआरटीसी के एकमात्र प्रदूषण जांच केन्द्र का शुभारम्भ भी किया

उन्होंने कहा कि इस राशि को खर्च करने के लिए सरकार जल्द ही रूपरेखा तैयार करेगी ताकि इस धन को विकासात्मक कार्यों पर खर्च किया जा सके गोविंद ठाक्र आज कल्लू में एक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य में लगभग एक लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करसोग के कुलथ पांगी के ठांगी चम्बा के धातुशिल्प और चुख तथा भरमौर के राजमाह को पैटेंट करवाने के लिए प्रयासरत है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनसुई और अम्बाडी में महिला मण्डलों को चैक वितरण के उपरांत जनसमूह को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं कमजोर वर्गों किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्द है सरवीण चौधरी ने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण ठप्प पड़े विकास कार्यो को फिर से गति देने के लिए सरकार ने तेजी से प्रयास आरम्भ कर दिए हैं परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सभी विभागों को विकास योजनाओं को समयबद्ध तैयार करने के आदेश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके

कुलदीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में प्रदेश सरकार से चीन के साथ लगी सीमा पर गश्त तेज करने की मांग की है उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने के लिए केन्द्र से विशेष आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग करने का भी सुझाव दिया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी विरोध किया है और कहा है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी

मौसम विभाग द्वारा जारी पुर्वानुमानों में कहा गया है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं

इस दौरान अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है

इस बीच लाहौल स्पिति में बीते दो महीने से अधिक समय से बारिश न होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं लम्बे समय से बारिश न होने से नकदी फसलें सूखने के कगार पर है इससे किसानों क चिंताएं बढ़ गई हैं यात्रा किन्नौर जिला प्रशासन ने अगस्त महीने में आरम्भ होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया है उपायुक्त गोपाल चन्द ने कहा कि कोरोना के चलते सरकार ने धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है इसी के चलते जिला प्रशासन ने इस बार इस यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया है उन्होंने ये भी कहा कि किन्नर कैलाश के रास्ते पर अभी भी भारी बर्फ जमी है ऐसे में ये यात्रा करना जोखिमपूर्ण है